झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष षिंबू सोरेन ने आज राज्यसभा चुनाव के लिए यूपीए उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया इधर भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में झारखंड की एक सीट के लिए प्रदेष अध्यक्ष दीपक प्रकाष को उम्मीदवार बनाया है कल हुए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज एक बैठक का आयोजन किया गया है झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है राज्यसभा में आज सरकार ने बताया कि वर्ष दो हजार इक्कीस की जनगणना दो चरणों में कराई जायेगी पहले चरण में देषभर में मकानों की सूची तैयार करने और आवासों की गणना इस साल पहली अप्रैल से तीस सितंबर तक की जाएगी दूसरे चरण में जनगणना का कार्य अगले साल नौ फरवरी से अठाईस फरवरी तक किया जाएगा इसके बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश और उत्त राखंड के ऊंचाई वाले बर्फीले इलाकों को छोड़कर पूरे देश में जनगणना में संशोधन कार्य इस साल पहली मार्च से पांच मार्च तक किया जाएगा जम्मे कश्मीार लद्दाख हिमाचल प्रदेश और उत्तमराखंड के ऊंचाई वाले बर्फीले इलाकों में यह काम इस साल ग्यारह सितंबर से तीस सितंबर तक होगा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कुछ जिलों में बकाए को लेकर अठारह अठारह घंटे डीवीसी द्वारा बिजली की कटौती किये जाने की जानकारी है सरकार इस मामले की बहुत जल्द समीक्षा करेगी और क्या बेहतर हो सकता है इस पर निर्णय लेगी बिजली व्यवस्था बेहतर करना सरकार की प्राथमिकता है

इस दौरान कल कारखानों को दी जा रही बिजली भी बंद हो गई डीवीसी द्वारा बिजली आपूर्ति शुरू करने के बाद घेराव खत्म किया गया खूंटी जिले में पानी की समस्या से निजात पाने के लिए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और सेवा वेलफेयर सोंसाईटी द्वारा चलाये जा रहे जनशक्ति से जलशक्ति अभियान से जुड़कर एदेलबेड़ा नाला में बोरीबांध का निर्माण किया सोसाईटी के सदस्यों ने भी ग्रामीणों के साथ मिलकर श्रमदान किया हमारे संवाददाता ने बताया कि बोरीबांध के साथ कंकुसी गांव के लोगों का रास्ता आसान कर दिया गया है नाले से होकर पार होने वाले कंकुसीवासी अब बोरीबांध के उपर से दो और चार पहिया वाहन लेकर आसानी से नाला पार कर सकते हैं गोड़डा समाहरणालय सभागार में समाज कल्याण विभाग द्वारा महिला शक्ति केंद्र योजना अंतर्गत टास्क फोर्स प्रषिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया

उन्होंने नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की उपस्थिति में पार्टी में शामिल किया गया मीडिया से बातचीत में नड्डा ने कहा कि सिंधिया का भाजपा में आगमन परिवार के सदस्यों की वापसी जैसा है उन्होंने कहा कि सिंधिया पार्टी में एक प्रमुख नेता के रूप में कार्य करेंगे इस मौके पर सिंधिया ने कहा कि भारत का भविष्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों सुरक्षित है उन्होंने कहा कि आज की कांग्रेस पुरानी कांग्रेस नहीं रह गई है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोवल कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए फिर एक बार एडवाइजरी जारी की है जिसमें लोगों को बचाव संबंधी सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है साथ ही सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग न लेने की सलाह दी गई है विभाग ने बुखार और सर्दी खांसी से पीड़ित व्यक्ति से दूरी बनाने और अपने नाक कान और आंख ना छूने की सलाह दी है साथ ही बुखार और खांसी से ग्रसित व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर से जांच कराने की सलाह दी गई है लोगों से नियमित रुप से साबुन और पानी से हाथ धोने को कहा जा रहा है खांसते और छींकते वक्त अपने नाक और मुंह को रुमाल या टिषू पेपर से ढंक कर रखें और छींक के तुरंत बाद टिषू को बंद डस्टबीन में डालें विभाग ने कोरोना वायरस संबंधी हेल्पलाइन नंबर शून्य एक एक दो तीन नौ सात आठ शून्य चार छह जारी किया है

कोरोना के स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर प्रवीण कर्ण ने बताया कि यात्रा का इतिहास रहने के कारण रांची के दो और जमषेदपुर के एक व्यक्ति के सैंपल की जांच के लिए कोलकाता भेजा गया है कुपोषण जैसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए गुमला जिला प्रषासन की ओर से आठ से बाइस मार्च तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया है

सदर थाना क्षेत्र के नीचे बाजार सिमडेगा कॉलेज रोड और बाजारटांड में कल रात एक अपराधी ने आठ दुकानों में आग लगा दी पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है मौसम विज्ञान विभाग ने रांची समेत कई जिलों में अगले एक सप्ताह तक बारिष का पूर्वानुमान लगाया है मौसम विभाग ने इस संबंध में येलो अलर्ट जारी किया है

संक्षिप्त खबरें दुमका पुलिस लाईन के बैरक में एक जवान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली

पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के कैराछतर और लिट्टीपाड़ा प्रखंड में आज सड़क दुर्घटना में बाइक सवार दो लोग घायल हो गए लोहरदगा जिले में आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया